अठारह अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जायेगा इस चरण में पांच संसदीय क्षेत्रों पूर्णिया भागलपुर बांका किशनगंज और कटिहार में मतदान होना है इन क्षेत्रों में पच्चासी लाख बावन हजार दो सौ चौहत्तर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इसके लिये आठ हजार छह सौ चौवालीस मतदान केंद्र बनाये गये हैं इन लोकसभा क्षेत्रों में उनहत्तर उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं इस चरण में कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के तारिक अनवर और जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी आमने सामने हैं बांका सीट पर जदयू के गिरिधारी यादव राजद के जय प्रकाश नारायण यादव और निर्दलीय पुतुल कुमारी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिख रहे हैं भागलपुर में जदयू के अजय कुमार मंडल का राजद के बुलो मंडल से पूर्णियां में जदयू के संतोष कुशवाहा का कांग्रेस के उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह से और किशनगंज में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद का मुकाबला जदयू के महमूद अशरफ के साथ माना जा रहा है इन पांचों सीटों पर एनडीए की ओर से जदयू के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इधर दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है एनडीए की ओर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं वहीं महागठबंधन की ओर से राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्ध और शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई वरिष्ठ नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं एनडीए के नेता जहां केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के आधार पर लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं वहीं महागठबंधन के नेता केन्द्र और राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए परिवर्तन के लिए लोगों से अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं इधर अन्य चरणों के चुनाव के लिए भी प्रचार अभियान तेज हो गया है चुनावी रैलियों के साथ साथ प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने विभिन्न इलाकों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से एक बार फिर एनडीए सरकार के लिए वोट की अपील की प्रदेश में लोकसभा की आठ सीटों के लिए छठे चरण में बारह मई को होने वाले चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो जाएगी अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार वाल्मीकिनगर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर वैशाली गोपालगंज सिवान और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्रों में इस चरण के तहत मतदान होना है उम्मीदवार तेईस अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे चौबीस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और प्रत्याशी छब्बीस अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए देश के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है दूरदर्शन समाचार को दिये विशेष साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि पांच साल तक लोगों की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया गया और अगले पांच साल देश के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में लगाये जाएंगे प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने लघु और सीमांत किसानों की आमदनी में सुनिश्चित सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बहध्रवीय विश्व परिदृश्य में भारत पिछले पांच साल के दौरान एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है श्री मोदी ने कहा कि भारत सभी के कल्याण के लिए प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने में विश्वास करता है कांग्रेस के बागी नेता और पूर्व कोन्द्रीय मंत्री शकील अहमद आज मध्यबनी संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे श्री अहमद ने कल पार्टी के प्रवक्ता पद से भी इस्तीफा दे दिया था पूर्व विधान पार्षद रामबदन राय पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल और पूर्व विधायक जय नंदन यादव राजद छोड़कर जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने यह जानकारी दी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया इसके लिए देश भर के एक सौ अंठावन केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में दो लाख से अधिक सीटों का सुजन किया जायेगा पटना उच्च न्यायालय में चार नये न्यायाधीशों का मनोनयन किया गया है ये सभी अधिवक्ता कोटे से न्यायाधीश बनाये गये हैं राष्ट्रपति भवन कार्यालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है जिन अधिक्ताओं को न्यायाधीश बनाया गया है उनमें अंजनी कुमार शरण पार्थ सारथी अनिल सिन्हा और प्रभात कुमार सिंह शामिल हैं आयकर विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर जिला परिषद अध्यक्ष इंद्रा देवी और पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के घर और कार्यालयों पर छापेमारी में लगभग पौने दो करोड़ नकद और जेवरात जब्त किये हैं विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चल अचल संपत्ति के भी कई कागजात जब्त किये गये हैं

पटना स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने इस संबंध में आदेश जारी किया है यूजीसी प्रदेश के साठ से अधिक कॉलेजों पर विभिन्न योजनाओं की राशि गबन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायेगा इन कालेजों ने दो हजार दो से दो हजार सत्रह तक लगभग एक सौ करोड़ रूपये खर्च की गयी राशि का अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट दो हजार उन्नीस में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है परीक्षा का आयोजन पांच मई को होना है जमुई जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत डूंडो गांव में सड़क हादसे में पटना के तीन छात्रों की मौत हो गयी पूर्वी चंपारण जिले में लाल बकइया नदी के जलस्तर में हुई अचानक वृद्धि से फुलवरिया घाट पर बना डायवर्सन टूट गया इस कारण जिले का सीतामढ़ी से सड़क सम्पर्क भंग हो गया है गोपालगंज जिले के क्ख्यात अपराधी अमित क्मार राय उर्फ फौजी को मूठभेड़ के बाद उत्तर प्रदेश के कुर्शोनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है उस पर बारह से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में पुलिस हिरासत में लिये गये एक युवक की इलाज के दौरान हुई मौत से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया मृतक के परिजनों ने पूलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाया है आज के सभी समाचार पत्रों ने चुनाव आयोग द्वारा योगी आदित्यनाथ मायावती मेनका गांधी और आजम खान पर की गयी कार्रवाई को प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है चुनाव आयोग ने प्रचार के दौरान बड़े नेताओं के बिगड़े बोल पर लगाम कसी सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखायी दैनिक जागरण की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार चोर है बयान पर राहुल से मांगा जबाव दैनिक भास्कर ने लिखा है शकील का प्रवक्ता पद से इस्तीफा आज मधूबनी से निर्दलीय भरेंगे पर्चा प्रभात खबर ने विश्व कप क्रिकेट के लिए भारतीय टीम की घोषणा से जुड़ी खबर को प्रमुख सुर्खी बनाते हुए लिखा है वर्ल्ड कप के लिए सजी कोहली की सेना युवा पंत पर अनुभवी कार्तिक को तरजीह राष्ट्रीय सहारा की खबर है सामान्य रहेगा इस साल मानसून आज लिखता है सीमांचल में आज थम जायेगा प्रचार का भोंपू